मंहगाई भत्ता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी इस साल की पहली जनवरी से लागू होंगी

इस अध्यादेश में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को अपराध करार दिया गया है और इसके लिए तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे इसके बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे वे दो दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की श्री मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के उपराष्ट्रपति और रक्षामंत्री भी हैं उनके साथ वरिष्ठ मंत्रियों अधिकारियों और प्रमुख व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल आया है

वित्त मंत्री तरूण भानोट आज सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे आसन्न लोकसभा चुनावों के मद्देंनजर सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत करने की बजाए चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान ला रही है

बताया जा रहा है कि लगभग चार हजार करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट भी आज पेश किया जायेगा सीएम उद्योगपति मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जो उद्योग युवाओं को जितना अधिक रोजगार देंगे उन्हें उतनी अधिक सुविधायें दी जायेंगी उन्होंने कल भोपाल में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर उद्योगपतियों के साथ चर्चा में कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में निवेश के लिये नया वातावरण बनायेगी उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के लिये समग्र नीति के साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर भी उद्योग नीति बनायेंगे उन्होंने कहा कि हमारे सामने कृषि विकास के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने और रोजगार देने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य पर उनके विचार व अनुभव भी साझा किये

इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है संविदाकर्मी जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने संविदा कर्मियों को जल्द नियमित किये जाने का आश्वासन दिया है श्री मरकाम ने कल भोपाल में प्रदेश के हड़ताली संविदा कर्मियों से मुलाकात की संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने के लिए गठित समिति के सदस्य श्री मरकाम ने संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री की भावनाओं से अवगत कराया उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित किये जाने की कार्यवाई शीघ्र प्रारंभ की जायेगी

स्वीकृतियाँ जारी करने का कार्य दिन के साथ रात में भी किया जा रहा है जय किसान फसल ऋण योजना में कलेक्टर स्तर से ऋण माफी की स्वीकृतियाँ पोर्टल पर शुरू हो गई हैं

गोविंद सिंह सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी का वादा पूरा कर वचन पत्र का पालन किया है उन्होंने कहा कि अब किसान भाइयों को राहत एवं आर्थिक समुद्धि के लिए बड़े पैमाने पर उन्नत बीज प्रदाय किये जाएगें इसके लिए राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा श्री सिंह कल भोपाल के सहकारी प्रबंध संस्थान में किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे डॉ गोविन्द सिंह ने कहा कि किसान भाइयों को जिंदगी भर कर्ज की स्थिति में रहने की विवशता से उबारा जाएगा किसानों की ऋण माफी इस दिशा में एक सार्थक कदम है

उन्होंने युवा स्वाभिमान योजना का जिक करते हुए कहा कि शहरी युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है

महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी भोपाल के अंक्र स्कूल परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ शहीदों को श्रद्वांजलि देंगी इससे पहले कल पन्ना और विदिशा में मुस्लिम समाज द्वारा आतंकी हमले के खिलाफ केंडल मार्च निकाला गया इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई अग्नि दुर्घटना खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में अग्नि दुर्घटना में पीड़ित परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं

निधन प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह का कल रात निधन हो गया

वे लम्बे समय से बीमार थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उनका इलाज चल रहा था

खजुराहों समारोह छतरपुर जिले के खजुराहो में आज से प्रतिष्ठित खजुराहो नृत्य समारोह शुरू होगा

कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ करेंगी इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर और सांसद नागेन्द्र सिंह भी मौजूद रहेंगे पहले दिन दिल्ली की लिप्सा सत्पथी ओडिसी जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम और गुवाहाटी की मृदुस्मिता दास और साथी नृत्य की प्रस्तुति देंगे

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ